मास्क पहनें दो गज़ दूरी है ज़रूरी सुरक्षित दूरी बनाए रखें हाथ और मुंह साफ़ रखें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

बाइट आज जो इक्नोमी के इंडिकेटर्स हैं वो उत्साह बढ़ाने वाले हैं हौसला बढ़ाने वाले हैं संकट के समय देश में जो सीखा है उसने भविष्य के संकल्पों को और दृढ़ किया है और निश्चित तौर पर इसका बहुत बड़ा श्रेय भारत के एंटरप्रेस को जाता है भारत की युवा पीढ़ी को जाता है भारत के किसानों को जाता है प्रधानमंत्री ने कहा कि आर्थिक सुधारों के तहत अनावश्यक बाधाओं को दूर किया जा रहा है और कृषि क्षेत्र इसकी एक मिसाल है उन्होंने कहा कि सरकार किसानों की आमदनी बढाने और उन्हें अधिक ख्शहाल बनाने के लिए कई प्रभावी कदम उठा रही है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

आज भारत के किसानों के पास अपनी फसल मंडियों के साथ ही बाहर भी बेचने का विकल्प है आज भारत में मंडियों का आध्रनिकीकरण तो हो ही रहा है किसानों को डिजीटल प्लेटफार्म पर फसल खरीदने बेचने का भी विकल्प मिला है इन सारे प्रयासों का विकल्प यही है कि किसानों की आय बढ़े देश का किसान समृद्ध हो जब देश का किसान समृद्ध होगा तो देश भी समृद्ध होगा

उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत अभियान देश में उच्च गूणवत्ता वाले उत्पाद बनाने की सोच पर आधारित है और इससे भारतीय उद्योग वश्विक प्रतिस्पर्धा के योग्य बन सकेंगे उन्होंने कहा कि सरकार चाहती है कि सभी पक्ष अपनी प्ररी क्षमता और प्रतिभा का उपयोग करें और देश के विकास में भरप्र योगदान के प्रयास करें उन्होंने कहा कि भारत में पिछले छह वर्षों से यही हो रहा है राज्य सरकार ने दक्षिण कोरिया की फर्म सैमसंग को आगामी पांच वर्षो के अन्दर कई प्रोत्साहन देने की घोषणा की है यह फैसला कल राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में लिया गया मेसर्स सैमसंग डिस्पले नोएडा प्राइवेट लिमिटेड नाम की यह औद्योगिक इकाई नोएडा में चार हजार कराड़ रूपये से अधिक के निवेश के साथ मोबाइल और सूचना प्राद्योगिकी से जुड़े उत्पाद तैयार करेगी

यह पहला ऐसा उच्च तकनीक का प्रोजेक्ट होगा जो चीन से विस्थापित होकर उत्तर प्रदेश में सैमसंग द्वारा लगाया जाएगा और इस तरह की तकनीक से मोबाइल डिस्प्ले यूनिट बनाने वाला भारत दुनिया का तीसरा देश बन जाएगा

इसके अलावा मंत्रिपरिषद ने प्रत्येक जिले में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना करने के राज्य सरकार के संकल्प के क्रम में तेरह नये राजकीय मेडिकल कॉलेज को प्रायोजना की निर्माण लागत संबंधी प्रस्ताव को भी अनुमोदित कर दिया है

अनुमोदित प्रस्ताव के तहत नगर निगम अयोध्या नगर पंचायत भदरसा नगर पालिका परिषद नवाबगंज ज़िला गोण्डा के सम्पूर्ण क्षेत्र सहित अयाध्या ज़िले के एक सौ चौव्वन राजस्व गांव गोण्डा ज़िले के तिरसठ राजस्व ग्राम और बस्ती ज़िले के एक सौ छब्बीस राजस्व गांवों के सम्पूर्ण क्षेत्र को शामिल किया गया है अयोध्या विकास क्षेत्र के सीमा विस्तार से इन इलाकों का सुनियोजित ढंग से विकास संभव होगा इस निर्णय से विश्व की धार्मिक और सांस्कृतिक नगरी अयोध्या के प्राचीन पुरातात्विक महत्व के क्षेत्रों का जहां सर्वांगीण विकास होगा वहीं पर्यटन की दृश्य से इसकी खास पहचान बनेगी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

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि आम नागरिकों को जन सुविधाएं उपलब्ध कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है श्री योगी ने यह बात आज लखनऊ में अपने सरकारी आवास से सीतापुर ज़िले में स्थित महोली तहसील के गैर आवासीय भवन का वर्च्अल लोकर्पण करते हुए कही उन्होंने कहा कि इस नई तहसील में गर आवासीय भवनों के बनने से क्षेत्रीय जनता को राजस्व संबंधी कामों में आसानी होगी और जरूरी सुविधाएं भी मिलेंगी श्री योगी ने राजस्व विभाग के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि कोरोना कालखंड में इस विभाग ने राहत सामग्री के वितरण कम्यूनिटी किचन के संचालन सहित प्रवासी श्रमिकों के लिये बेहतर काम किये हैं इसके लिये विभाग के अधिकारी और कर्मचारी सराहना के पात्र है इस अवसर पर सीतापुर में आयोजित वर्चुअल लोकार्पण क कार्यक्रम में स्थानीय सांसद राजेश वर्मा विधायकगण और जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद थे

यह जानकारी अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने आज लखनऊ में मीडिया को दी उन्होंने बताया कि राज्य में सर्विलांस के जरिये लगभग बारह करोड़ लोगों का हालचाल लेते हुए कोरोना संक्रमण की जानकारी भी ली गई

उन्होंने बताया कि प्रदेश में कंटेनमेंट जोन और हॉट स्पॉट क्षेत्रों में भी कमी आई है हॉट स्पॉट क्षेत्रों की संख्या सात हजार तीन सौ पैंतीस रह गई है

श्री प्रसाद ने बताया कि अब तक लगभग पांच लाख छत्तीस हजार लोग संक्रमण से मुक्त होकर घर भेज दिये गये हैं

उन्होंने कहा कि जब तक इस महामारी से निपटने के लिये वैक्सीन उपलब्ध नहीं हो जाता बचाव ही सबसे प्रभावी और बेहतर उपाय है विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित ने कहा है कि पत्रकारिता ने ही भारतीय राष्ट्रवाद की लहर पैदा की है उन्होंने कहा कि सभी अत्याचारों को सहते हुए पत्रकारों ने ब्रिटिश साम्राज्य से मुकाबला किया और स्वाधीनता हासिल करने में उनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता यह बात श्री दीक्षित ने कल लखनऊ में विधान भवन में आयोजित एक कार्यक्रम में वरिष्ठ पत्रकार आदर्श प्रकाश सिंह की प्रस्तक सही भाषा सरल सम्पादन का विमोचन करते हुए कही उन्होंने कहा कि सोधा और सरल वाक किसी भी पाठक और श्रोता के फौरन समझ में आ जाता है इस अवसर पर विधान परिषद सदस्य यशंवत सिंह वरिष्ठ पत्रकार सुरेश बहादुर सिंह ने भी विचार व्यक्त किये कार्यक्रम का संचालन वरिष्ठ पत्रकार प्रेमकांत तिवारी ने किया देश में आधुनिक चिकित्सा पद्धतियों के साथ साथ आयुर्वेद और योग जैसी पाम्रपरिक चिकित्सा प्रणालियों की मदद से कोरोना वायरस से निपटने के प्रयास किए जा रहे हैं

सरकार आधुनिक चिकित्सा पद्धतियों और पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों के एकीकरण के लिए कई कदम उठा रही हैं साथ ही परीक्षण किए जा चुके पारंपरिक चिकित्सा उत्पादों और प्रणालियों के वैज्ञानिक सत्यापन की दिशा में भी काम किया जा रहा है